भारत और सेशल्स ने शिक्षा साईबर सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डेनिए अन्तोइन रॉलेन फौरे के बीच आज नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर प्रमुखता से विचार किया गया सेशल्स के राष्ट्रपति का आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे मुलाकात की

श्री फौरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वैकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे

इस दौरान लोगों की स्वतंत्रता के अधिकारों पर रोक लगा दी गई और लाखों लोगों को जेलों में भेज दिया गया

राज्यपाल राम नाईक ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि उस दौरान बलिदान देने वालों की बदौलत ही आज लोकतंत्र जिंदा है मैं उन दिनों में भारतीय जनसंघ मुंबई का संगठन मंत्री था जनतंत्र का गला घोटने का काम उस समय पर जो हो रहा था उसके विरोध में लोग खड़े हुए और फिर बाद में चुनाव में कांग्रेस का इंदिरा गांधीजी के नेतृत्व का पराजय सारे हिन्दुस्तान के लोगों ने किया मुझे आज याद आती है जब इमरजेंसी लाद दी थी आर सैंकड़ों लोगों को एक ही दिन में मुंबई से गिरफ्तार कर दिया था उनका वह त्याग व्यर्थ नहीं गया है और उन्हीं के कारण भारतीय जनतंत्र आज जीवित है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज सुबह ही मुंबई पहुंच कर विधान परिषद मुंबई स्नातक क्षेत्र के चुनाव में अपना मतदान भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि देश में आपातकाल लगाने वाले लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं आज लखनऊ में संस्कार भारती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूण है कि वो पार्टी लोकतंत्र की बातें कर रही है जिसने तैंतालीस साल पहले देश में आपातकाल लागू करके लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया था उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पच्चीस जून उन्नीस सौ पचहत्तर को देश पर आपातकाल थोपा गया उन्होंने कहा कि उचित समय पर देश की जनता इन लोगों को जवाब देगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में सरयू महोत्सव का शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री ने सरयू के नया घाट पर हो रहे इस कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए कहा कि सरयू देव नदी है उन्होंने कहा कि सरकार सरयू नदी को सफाई और इसके अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि गुप्तार घाट पर रबर डैम बनाने के लिए भी सरकार विचार कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के किनारे विभिन्न आयोजन कर रही है ताकि आम लोगों में नदियों के प्रति श्रद्धा भाव विकसित हो और नदियां निर्मल रहे इस अवसर पर उन्होंने महंत नृत्य गोपालदास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया

उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के अधूरे कार्य पूरे हो जाने से आम जनता को आवागमन में सुविधा होगी श्री मौर्य ने बताया कि सरकार ने जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर कानपुर नगर स्थित पनकी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर पनकी धाम कर दिया है इसके साथ ही जनपद गोण्डा के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अस्सी लाख रूपये की राशि भी दी गई है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

प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही ह मौसम विभाग के मुताबिक जून माह के अंत तक ही मानसून प्रदेश में दाखिल हो पायेगा हालांकि एक दो दिन बाद कुछ इलाकों में मानसून से पहले की बारिश जरूर हो सकती है मौसम विभाग के निदेशक जेपीगुप्ता ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से बातचीत में बताया बाइट अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा

इस बीच प्रदेश में बढ़ते तापमान और उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है

राजधानी लखनऊ में तेज धूप से लोगों का बुरा हाल है हालांकि मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों गौतमबुद्ध नगर बुलन्दशहर हापुड़ और गाजियाबाद के साथ ही अलीगढ़ आगरा मथुरा हाथरस एटा जौनपुर गाजीपुर और इटावा में आंधी चलने और छिटपुट ब्रंदाबांदी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है

आज से प्रदेश भर में तीन दिनों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा जिसमें किसानों को खेती पशुपालन दुग्ध पालन मछली और मध्मक्खी पालन आदि की तकनीकी जानकारो देने के साथ ही आय को दोगूनी करने के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी जायेगी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन सभी ग्राम सभाओं में सुबह नौ से ग्यारह बजे तक किया जा रहा है कुशीनगर से हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सभागार मं खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया एक रिपोर्ट कुशीनगर जिले में किसान पाठशाला का द्वितीय चरण आज से शुरू हो गया जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल ने बताया कि तीन दिनों तक ग्राम पंचायत स्तर चलने वाली किसान पाठशाला में कृषि उत्पादन में स्थाई एवं नियमित वद्वि किसानों की आय में वृद्वि तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है विवेक पांडेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थ एवं संख्या विभाग के निदेशक अशोक कुमार पवार को विभागीय अधिकारियों के स्थानान्तरण में अनियमितता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है

मुख्यमंत्री ने इसे गम्भीरता से लेते हुए अर्थ एवं संख्या विभाग के निदेशक अशोक कुमार पवार को तुरन्त निलम्बित करने के निर्देश दिए प्रदेश सरकार ने परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग पर बल दिया है

उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और पोषण का लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के चिकित्सकों की सहभागिता आवश्यक है उन्होंने कहा कि परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को जन जन तक पहंचाने के लिए अब तक ग्यारह सौ निजी अस्पताल और आठ सौ चिकित्सकों को सूचीबद्ध किया गया है

कार्यशाला में प्रदेश भर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सिफ्सा से जुड़े अधिकारी कर्मचारी और स्वयंसेवी ने भाग लिया